प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा समय पर लागू लॉकडाउन और अन्य कदमों से लाखों लोगों के जीवन को बचाया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा का किया शुभारंभ

आज शाम राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के तहत लोगों को अगले पांच महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि जब से देश में अनलॉक वन शुरू हुआ है कुछ लोग व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बरत रहे हैं ऐसे में प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी सावधानियां बरतने का आग्रह किया है

उन्होंने लोगों से कहा कि वे स्वास्थ्य सम्बंधित दिशानिर्देशों का पालन करें

उन्होंने कहा कि आज देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिससे रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले गरीब मजदूरों को बड़ा फायदा होगा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अनलॉक दू में सभी सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएंगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा का श्भारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश में इज ऑफ डूईग बिजनेस के तहत प्रक्रियाओं के सरलीकरण सहित उद्यमियों को राहत मिलेगी

उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन प्रमाणन सुविधा न केवल उद्यमियों को कठिन प्रक्रियाओं से बचाएगी बल्कि उद्यमों को शीघ्र स्थापित करने में भी मदद मिलेगी

उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जयराम राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले लोगों के प्रवेश को विनियमित करेगी ताकि कोरोना संक्रमण के मामलों को फैलने से रोका जा सके मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला से प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बात कही उन्होंने संस्थागत व होम क्वारंटीन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने पर भी बल दिया मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को उनके संबंधित ज़िलों में पूरी हो चुकी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की सूची बनाने के निर्देश दिए ताकि इनका ऑनलाईन शुभारंभ किया जा सके उन्होंने उपायुक्तों को सेब सीजन को देखते हुए श्रमिकों का उचित प्रबंध और बागवानों के उत्पाद को मंडियों तक पहुंचाने के लिए सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए

वीरेन्द्र कंवर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुज़ुर्गो के लिए मनोरंजक स्थान बनाने के उददेश्य से सभी ब्लॉक में पंचवटी पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की है

उन्होंने कहा कि इन पार्को का उपयोग स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इन पार्को का रखरखाव व प्रबंधन स्थानीय पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा

उन्होंने कहा कि योजना के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण करवाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य है

मिल्क फैड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने बताया कि ये विशेष अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है उन्होंने दृग्ध उत्पादकों से अपने फॉर्म मिल्क फैड के कर्मचारियों या अधिकारियों के पास जमा करवाने का आग्रह किया है निहाल चंद शर्मा ने कहा कि इस सुविधा से डेयरी से जुड़े किसानों को अधिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी भारती जमानत पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती को शिमला के ज़िला व सत्र न्यायालय से जुमानत मिल गई है

जनगणना चंबा ज़िला प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते बंद की गई सातवीं आर्थिक जनगणना का कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है लोकमित्र संचालकों को सशर्त ये अनुमति दी गई है गणना का कार्य करने वाले व्यक्तियों को मास्क व दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा इसके अलावा सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाये रखना भी आवश्यक है हमीरपुर कोरोना कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद हमीरपुर ज़िला के नादौन व हमीरपुर उपमंडल की दो पंचायतों के दो वॉर्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उपायुकत हरिकेश मीणा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नारा पंचायत के दरबोड़ गांव व पंडवी पंचायत के वॉर्ड नम्बर दो में कोरोना पॉज़िटिव मामला सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी वहीं हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बगवाड़ा के समलेहड़ा व गहरी दो गांव को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाईडिंग अभियान चलाया गया था अभियान के दौरान व कंटेनमेंट अवधि में संक्रमण का कोई मामला सामने न आने पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है